समर्थन मूल्य केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने का निर्णय लिया है

सरकार ने कहा है कि दोनों कंपनियों को न तो बंद किया जाएगा और न ही इनका विनिवेश होगा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है संचार मंत्री ने कहा कि कंपनियों के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आकर्षक पैकेज दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां भारत की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं उपचुनाव झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सख्त सुरक्षा प्रबंधों के बीच कल सुबह आठ बजे शुरू होगी आकाशवाणी से बातचीत में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रबल सिपाहा ने बताया कि झाबुआ स्थित मतगणना स्थल में मतगणना के लिए चौदह टेबल लगायी गयी हैं मतगणना स्थल के अंदर विशेष पासधारकों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है

हालाकि इनके समेत कुल पांच प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है यहां पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी जीएस डामोर ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर डॉ विक्रांत भूरिया को लगभग दस हजार मतों से पराजित किया था इसके बाद इसी वर्ष लोकसभा चुनाव में श्री डामोर रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे जिससे यहां विधानसभा उपचुनाव कराया गया

अगर पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करती है तो वो बहमत के और करीब पहुंच जायेगी हालांकि राज्य में निर्दलीय सपा और बसपा विधायकों के समर्थन से कांग्रेस सरकार चला रही है

इस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें श्री पटेल ने युवाओं से कहा कि सभी प्रकार के नशे से दूर रहें

पुलिसकर्मी घायल भोपाल के अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का विरोध कर रही भीड़ द्वारा पथराव में एक सीएसपी सहित ग्यारह पुलिस कर्मी घायल हो गए

बीच बचाव में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया

इसी के तहत खंडवा नगर निगम क्षेत्र में भी नुक्कड नाटक के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक से पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को लेकर जागरूक किया जा रहा है

आयोजक श्री नारंग ने बताया कि विशाल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिटनेस स्टूडियो में खेली गई प्रतियोगिता के विजेताओं को सीआरपीएफ के अजय कुमार ने पुरस्कार प्रदान किये खेल स्केटिंग सीबीएसई स्कूलों की संस्था सहोदय द्वारा भोपाल में आयोजित स्केटिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब मेजबान आईईएस पब्लिक स्कूल की बालिकाओं की टीम ने जीता

मौसम राजधानी भोपाल सहित राज्य के कई जिलों में आज रिमझिम बारिश हुई मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होने की वजह से प्रदेश के मौसम यह बदलाव देखा जा रहा है बारिश की वजह से दिन के तापमान में भी कमी आई है